मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प की केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आज दो वर्ष प्ररे होने के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को आसान बनाने में महत्वनप्र्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना से करोडों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए ज्यादा कार्य करने की प्ररेणा मिली है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सात वर्ष में सरकार ने कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अनेक पहल की उन्होंने दोहराया कि बेहतर सिंचाई प्रौदयोगिकी ऋण की उपलब्धता बडो मंडियों तक पहुंच फसल बीमा मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान और बिचौलियों के उन्मूलन सहित अनेक प्रयासों के अनुकूल परिणाम सामने आये हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र ने अनाज और अन्य कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी में ऐतिहासिक वृद्धि की है श्रो मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की आय दोगूनी करने के लिए प्रतिबद्ध है

यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती है

यह योजना छोटे और सीमांत किसानों की आय में संबर्धन के लिए लागू की गई थी लेकिन बाद में इस योजना का विस्तार भी किया गया हालांकि संपन्न किसानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है आज प्रदेश को इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का प्रमाण पत्र जारी किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दो बाइट महोदय आज सर्टिफिकेट आया है कि उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत देश के अन्दर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में आज के ही दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लांच किया था और अगले दो वर्ष में उत्तर प्रदेश ने देश के अन्दर सर्वश्रेष्ठ प्रदशर्नन इसका किया है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेश में किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जायेगा उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रखेगी मुख्यमंत्री आज राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है

उन्होंने कहा कि जब लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे तब हमारे अधिकारी कर्मचारी गन्ना किसानों की मदद कर रहे थे कोविड महामारी के दौरान सभी चीनी मिले चलाई जा रही थी बाइट नई सरकार एक महीने का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ

पहली अप्रैल से हम लोगों ने क्रय केन्द्र स्थापित कर दिये

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने श्रमिकों स्ट्रीट वेंडरों पल्लेदारों कुलियों रिक्शाचालकों सभी की भरण पोषण की व्यवस्था की कोई भी भूखा नहीं रहा उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं

आज वन नेशन वन मंडी के तहत उत्तर प्रदेश का किसान या लखनऊ का किसान देश के अन्दर कही भी जाकर के जहां उसको अच्छा दाम मिलेगा वहां पर अपनी उपज को जाकर बेच सकता है

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिये हैं देश में पथ विक्रेताओं को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने की योजना के विस्तार के लिए यह सुझाव दिये गये हैं पत्र में कहा गया है कि रेहडी पटरी वाले अक्सर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर निर्भर रहते हैं इसलिए ऋण वितरण में उनके सिबिल स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए इस योजना के तहत बैंकों को कम सिबिल स्कोोर वाले वेंडरों को भी ऋण देने के लिए अपने दिशा निर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए

राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य जारी है कल छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जायेगी

यह सभी लोग हरियाणा में जींद के रहने वाले थे यह सभी लोग आगरा से नोएडा की तरफ जा रहे थे